कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

पीएम सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले क्छ सप्ताहों में भारत के पास कोविड माहामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा महामारी के बारे में वर्चअल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि दो सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सारी द्रनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजू री मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुचित भंडारण और आप्र्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण स्विधाओं का विकास किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योदधाओं को टीके लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी दवा उत्पादन आह्वान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दूनिया में दवा उत्पादन का केन्द्र बनाने का आहववान किया है हाल में श्री मोदी ने देश में कोरोना महामारी के टीकों के विकास और उनके उत्पादन की प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए तीन शहरों का दौरा किया वे अहमदाबाद में जायडस बॉयोटेक पार्क हैदराबाद में भारत बॉयोटेक और पूणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर गये अहमदाबाद और हैदराबाद में भारत स्वदेशी क्षमता से कोविड टीके का विकास कर रहा है जबकि पृणे में द्निया में करोड़ों लोगों को महामारी से बचाने के लिए टीके बनाये जायेंगे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बताया कि वैज्ञानिकों का स्वयं उत्साहवर्धन करने के लिए वे उनके पास आये हैं इससे टीकों के विकास की प्रक्रिया में तेजी आयेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना का टीका न सिर्फ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि इससे विश्व कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि भारत का यह कर्तव्य है कि वह कोविड महामारी के खिलाफ विश्व के साझा संघर्ष में अपने पडोसियों समेत द्निया के सभी देशों की मदद करे

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में तेजी लाये जाने के लिये कार्यदायी संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अन्रूप सहयोग के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जूड़ी इस महत्वपूर्ण योजना को निर्धारित समय पर पूरा होना जरूरी है इसके लिये रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ ही रेलवे लाइन निर्माण के लिए विभिन्न पैकेजों में कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं की समस्याओं के जल्द समाधान पर ध्यान दिया जाय उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ ही चार धाम सड़क परियोजना राज्य के लिए महत्वपूर्ण योजना है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के विभिन्न पैकेजों पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भी समस्यायें सूनी और उनके निराकरण के भी निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये कमिश्नर दौरा क्माऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ह्यांकी ने चम्पावत जिले में राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की अपने दो दिवसीय दौरे पर आए मण्डलाय्क्त ने जिले के वर्गवार विभागीय योजना के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए उन्होंने म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और कोरोना संक्रमण के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली जिले में चल रहे कार्यो पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने कहा की जिले के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागों से आख्या ली जा रही है ताकि इन पदों को जल्द भरा जा सके

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत बनाने और आगामी च्नावों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सुझाव मांगे

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कई जिलों का दौरा करेंगे

मुख्य सचिव मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी विभागों को कार्यों में ग्णवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सम्बन्धित विभाग इस योजना से सम्बन्धित कार्यों के प्रा होने की समयसीमा निर्धारित करते हए कार्यों को पूरा करें उन्होंने कहा कि इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए प्रगतिशील किसान मनमोहन नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र की कायाकल्प और किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं सरकार ने हाल ही में नये कृषि कानून लागू किए

नये कृषि कानून से कई किसानों को लाभ मिला है हरिद्वार जिले के ब्ग्गावाला तहसील के रहने वाले प्रगतिशील किसान मनमोहन भारदवाज बताते हैं कि नये कृषि कानून लागू होने के बाद उन्होंने मंडी जाने के बजाय अपनी उपज रिलायंस और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियों को बेची इससे पहले वो देहरादून मंडी में अपनी उपज बेचते थे लेकिन उन्हें इसके कम दाम मिलते थे कई बार देर से भ्गतान होता था मनमोहन भारद्वाज मशरूम की खेती करते हैं और पिछले क्छ समय से उन्होंने पॉलीहाउस में भी उत्पादन शुरू किया है उन्होंने कहा कि मशरूम और शिमला मिर्च की बिक्री के लिए वो नामी फूड चेन कंपनियों के संपर्क में भी हैं ई ऑक्शन पोर्टल म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि ई गवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है ऑनलाइन माध्यम से लोगों को हर स्विधा मिले इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं उत्तराखण्ड वन विकास निगम सॉफ्टवेयर के ई ऑक्शन पोर्टल का श्भारम्भ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह बात की उन्होंने कहा कि ई गवर्नेस की दिशा में वन विकास निगम का यह एक अच्छा प्रयास है इससे वन उपजों और प्रकाष्ठ के लिए ई ऑक्शन प्रक्रिया से वन विकास निगम के कार्यो में तेजी आयेगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं साथ ही समय और धन दोनों की बचत होती है उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने औऱ समय की बचत के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग जरूरी है

तहसीलों को स्वान कनेक्टिविटी से जोडते हुए वहां संचार सुविधाओं के साथ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं जिससे प्रत्येक तहसील को हाई स्पीड नेट उपलब्ध हो सकेगा इसके अलावा जिले के प्रत्येक तहसील में मॉर्डन रिकॉर्ड रूम का निर्माण भी किया जा रहा है इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देशान्सार विभिन्न तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम का निर्माण करने के लिए आंकणन प्रेषित किया जा च्का है क्छ तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम का कार्य भी श्रू किये जा च्के हैं जिससे आम जनता को सेवाजनक रूप में खतौनी और भूलेख उपलब्ध हो सकेंगे

अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर के जंत्विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रायप्र के संय्क्त निर्देशन में किये गए शोध में यह खोज की गई है

मौसम राज्य में आज मौसम शुष्क रहा मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है